राजभवन के सभी कर्मियों और हेमंत सरकार के मंत्रियों की होगी कोरोना जांच

राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कल देर रात रिपोर्ट आने के बाद श्री बादल ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है बादल पत्रलेख पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद खुद को होम कोरोनटाईन भी कर लिया था कृषि मंत्री बादल ने सभी से अपील की है कि हाल के दिनों में जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आये हैं वो कोरोना की जांच अवश्य करा लें श्री बादल ने ट्विट कर कहा है कि कोरोना महामारी की जांग को हम सभी जागरूगता के माध्यम से ही जीत सकते हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में आठ सौ बहत्तर नये कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है जबकि राजधानी रांची में एक सौ अठासी नये संक्रमितों की पुष्टि की गयी है वहीं आठ सौ चौदह संक्रमित स्वस्थ भी हुए है राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या उन्नतीस हजार एक सौ तीन हो गयी है

स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के सोलह जिलों में कोरोना संक्रमितों की त्वरित पहचान और उपचार के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है यह अभियान पांच सितंबर तक चलेगा यह अभियान उन जिलों में शुरू किया गया है जहां संक्रमितों और जांच की संख्या कम है इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के लिए जांच का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है इन जिलों में प्रतिदिन चौदह हजार एक सौ चौबीस लोगों की जांच करेगा इसमें आरटीपीसीआर के लिए छह हजार एक सौ चौतीस ट्रू नेट के लिए एक हजार आठ सौ नब्बे और रैपिड एनटी जेन टेस्ट के लिए छह हजार एक सौ जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में पदस्थापित सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश रांची जिला प्रशासन को दिया है राजभवन में पदस्थापित जैप के जवानों का कोरोना जांच के लिए सेम्पल लिया जा चुका है जबकि आज विशेष शाखा के जवानों तथा अन्य कर्मियों की कोराना जांच होगी कल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार कोरोना की जांच कराएंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री श्री बादल के कोरोनो संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री सहित राज्य के सभी मंत्री होम कोरोनटाईन हैं मुख्यमंत्री आवास के कई कर्मचारियों के संक्रमित होने पर इसके पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो बार कोरोना की जांच करा चुके हैं जिसमें वे निगेटिव पाये गये हैं

उपायुक्त के निर्देशानुसार इस नए आइसोलेशन वार्ड का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लेना है

जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

संकमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है सामाजिक दूरी और सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है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 गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनलॉक की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है इस संबंध में केंद्रीय गृहसचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर्रो पर भी विपरीत असर पड रहा है

पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कार्य करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई सेवा से कोई संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे

ये संगठन नई तकनीक का प्रयोग कर हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जाँच कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की छत्तीस जातियों के नाम केन्द्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने की मंजूरी दे दी है यह प्रस्ताव केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जायेगा झारखेंड में यह सभी जातियां बीसी वन और बीसी टू में शामिल हैं केन्द्रीय ओबीसी सूची में इन जातियों के शामिल नहीं होने के कारण इन वर्ग के लोगों को केन्द्र सरकार और केन्द्रीय उपकमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केन्द्र सरकार से जनजातीय भाषा मुण्डारी हो और कुडुख को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की भी मांग की है इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण तीनों जनजातीय भाषाए बड़े क्षेत्र में प्रचलित हैं और जिस तरह से संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसी प्रकार इन भाषाओं को भी शामिल किया जाये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है उन्होंने कहा कि खिलौने न केवल सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ करते हैं बल्कि ये बच्चों में मानसिक कौशल का विकास भी करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौर्न एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओँ को भी आसानी होगी उन्होंने कहा कि इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान शिक्षाविद् और पदमश्री स्वर्गीय रामदयाल मुंडा की जयंती पर उन्हें राज्यवासियों की ओर से श्रद्वांजलि दी है श्री सोरेन ने कहा है कि विश्व पटल पर आदिवासी संस्कृति गौरव और दर्शन को पदमश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने मुखर किया था चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बराटपुर मोड़ और गुरूडीह बामी घाटी में हुई मोटरसाईकिल लूटकांड के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है मामले में शामिल दो अन्य अभियुक्त अभी भी फरार है

बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से कल से अठाईस अगस्त तक राजधानी समेत पूरे राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं

मौसम वैज्ञानिको के अनुसार राजधानी रांची में अगस्त महीने के अंत तक मौसम सकिय रहने की संभावना है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में मॉनसून सामान्य रहा

साहिबगंज जिले में गंगा नदी से आने वाली बाढ़ से निपटना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है